केंद्रीय मंत्री डाक्टर जीतेन्द्र सिंह ने कहा है कि क्छ विपक्षी दल और संगठन किसानों को मोदी सरकार के कृषि के क्षेत्र में किये गए सुधारों का विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए ई सचिवालय पोर्टल का शुभारंभ किया यह पोर्टल लोगों को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्रियों व अन्य विभागाध्यक्षों के साथ वर्च्अल बैठकें आयोजित करने के लिए आसानी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की स्विधा प्रदान करेगा उद्घाटन अवसर पर म्ख्यमंत्री के साथ उप म्ख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला भी मौजूद थे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि सरकार से संबंधित अपने कार्यो के लिए इस पोर्टल का उपयोग करें और इस कोरोना संकट के समय में सरकारी कार्यालयों में आने के लिए यात्रा करने का जोखिम न उठाएं मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि ई सचिवालय अवधारणा की अनुरूप कार्य होना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा करवाये जा रहे इंडिया आडियॉस समिट यानि भारत विचार शिखर सम्मेलन का सम्बोधित करेंगे

इस वर्च्अल शिखर सम्मेलन में भारतीय एवं अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता राज्य स्तर के अधिकारी और बड़े व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे विदेशी मंत्री डॉ एस जय शंकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पौम्पिओ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली भी इस सममेलन को सम्बोधित करेगी शिखर सम्मेलन में भारत अमेरिका के सहयोग और भविष्य मे महामारी के बाद द्निया में दोनों देशों के सम्बधों पर चर्चा की जायेगी हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन के निधन गहरा द्ख प्रकट करते हये शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवदेना व्यक्त की है राज्यपाल श्री आर्य ने लाल जी टंडन को एक अन्भव और कद्दावार राजनीतिज्ञ बताते हये कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री टंडन को एक वरिष्ठ और अन्भवी नेता बताते हये उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो रिक्तता आई है उनकी भरपाई नहीं की जा सकती है

प्रमाण पत्र व परिणाम को डिजीटल लोकर में रखा गया है जिसे आवश्क्तान्सार बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है

रियाणा में रोहतक की सबसे बड़ी कपड़ा मार्किट में शामिल शौरी कपड़ा मार्किट आगामी आदेशों तक बंद रहेगी जिलाधीश आर एस वर्मा ने कोरोना के बढ़ते मामलों और मार्किट में भीड़भाड़ के चलते यह आदेश दिये है

हरियाणा में आज सिरसा यम्नानगर सति कई जगह भारी वर्षा हई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है

हालांकि निचले इलाकों में रहने वालों लोगो को जलभराव का सामना भी करना पड़ा सिरसा के रानिया के सहकारी बैंक के बेसमेंट में पानी भर गया यमुनानगर से प्रताप नगर छछरौली बिलासप्र जगाधरी व सढौरा में भारी बारिश होने की खबर है